मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में सात विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कल मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

च्नाव कर्मियो के दल अपने अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गये हैं मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं जिन विधानसभा सीटों के लिये कल वोट डाले जायेंगे वे है अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर टूडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मल्हनी मतगणना दस नवम्बर को होगी इस उप चुनाव के लिये होने वाले मतदान में चौबीस लाख चौंतीस हजार मतदाता पंजीकृत है जिनमें से ग्यारह लाख तीस हजार महिलाएं हैं सात सीटों के लिये अट्ठासी प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से नौ महिलाएं हैं

मतदान के लिये एक हजार सात सौ चौव्वन मतदान केन्द्रों पर तीन हजार छह सौ पचपन मतदेय स्थल बनाये गये हैं सुरक्षा को देखते हुए तीन सौ इकहत्तर बूथों की वेबकास्टिंग कराई जायेगी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना के मद्देनजर सभो आवश्ययक उपाय किए गए हैं प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा सभी ब्रथों को सेनिटाइज किया गया है प्ररे तरीके से ब्रथ सेनिटाइज रहेंगे

इन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई

प्रत्येक मध्य स्थल पर थर्मल स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षित कर्मी ह वो उनका टर्म्पेचर लेकर ही उनको अंदर जाने देंगे प्रदेश से राज्यसभा के लिये दस सीटो पर द्विवार्षिक निर्वाचन दो हजार बीस के लिये घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज अपरान्ह तीन बजे तक नाम वापसी की अंतिम तारीख समाप्त हो जाने के बाद परिणामों की घोषणा कर दी गई दस सीटों पर खड़े हुए सभी दस उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये

हरदीप सिंह पुरी का प्रमाण पत्र संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्राप्त किया और राम गोपाल यादव का निर्वाचन प्रमाण पत्र उनक प्रतिनिधि को प्राप्त कराया गया जबकि अन्य सदस्यों ने स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा और एनडीए ही मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार दे सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई मौकों पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है श्री योगी ने कहा कि एनडीए ही देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों का ध्यान रख सकता है प्रदेश सरकार ने जाने माने शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित आईटी अधिनियम के तहत समुदायों के बीच घृणा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले साक्षात्कार दिए थे

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान परिषद की रिक्त हुई ग्यारह सीटों पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है इन सीटों में से पांच सीटें खंड स्नातक क्षेत्र की है और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है

आयोग के अनुसार रिक्त हुई सीटों पर निर्वाचन के लिये पांच नवम्बर को अधिसूचना जारी की जायगी और बारह नवम्बर नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी तेरह नवम्बर को पर्चो की जांच होगी सत्रह नवम्बर तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं एक दिसम्बर को सुबह आठ बजे से सांय पांच बजे तक मतदान होगा और तीन दिसम्बर को वोटों की गिनती की जायेगी

इसलिये लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि सही सर्विलांस गुणात्मक उपचार और सही समय पर इलाज से रोगियों की ज्यादा संख्या में जान बचाई जा सकती हैं उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रखे गये मरीजों का रोज अनुश्रवण किया जाये और पहले चौथे और सातवें दिन मरीजों के घर पर विजिट की जाये उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों म डेंगू के ज्यादा मरीज संज्ञान में आये हैं वहां टीमें भेजकर साफ सफाई एंटीलार्वा का छिड़कांव तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये जिससे बीमारी के प्रसार को रोका जा सके

इसलिये लगातार सावधानी और सतर्कता की जरूरत है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार सात सौ अट़ठासी नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान दो हजार चालीस रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय राज्य में तेईस हजार पैंतीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अब तक चार लाख पचपन हजार चार सौ अट्ठनवे रोगो कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गये हैं देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ रहा है अब तक पचहत्तर लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर इक्यानवें दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग तिरपन हजार मरीज ठीक हुए हैं इस दारान संक्रमण के करीब पैंतालीस हजार नये मामले सामने आए हैं वर्तमान में कोविड के पांच लाख इकसठ हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं कोविड से होने वाली मृत्युदर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों मे कोविड से चार सौ छियानवे लोगों की मृत्यु हुई है देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है

बहराइच जनपद में थाना पयागपुर अन्तर्गत बीती रात एक सड़क द्र्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और वहीं दस से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये यह दुर्घटना उस समय हुई जब इन लोगों से भरी एक वैन में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी पुलिस के अनुसार यह सभी लोग अम्बेडकर जनपद में किछौछा दरगाह से वापस लखीमपुर खीरी जा रहे थ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है